उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत देश के भविष्य को बदलने और उसे विदेशी सामानों की बिक्री का बाजार बनाने की जगह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण सक्रिय निर्माण केन्द्र बनाने का मिशन है कल शाम भारत अमरीका कार्यनीतिक साझेदारी फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि वैश्विक हित ही उसका लक्ष्य है प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा कोविड संकट ने मानव केंद्रित विकास की जरूरत सामने रखी है इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड के दौरान वीडियो कांफ्रेंस के जरिये आईपीएस प्रोबेशनर को संबोधित करेंगे मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में होगी इस दौरान विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मंथन होने की संभावना है

मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अगले वर्ष एक अप्रैल से संशोधन के जरिए नया तृतीय पक्ष बीमा हासिल करते समय वैध फासटैग अनिवार्य बनाने का भी प्रस्ताव है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में कल पांच कोरोना मरीजों की मृत्यू भी हई है पांचों मौतें सोलन जिला में हुई

इस बीच प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी से जुड़ी खबर को आज प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आर्न के बाद घर पर आइसोलेट हुए जलशक्ति मंत्री दूसरी रिपोर्ट का इंतजार

दैनिक भास्कर का कहना है जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भाजपा प्रवक्ता प्रोफेसर राम कुमार कोरोना संक्रमित आपका फैसला के अनुसार हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अमर उजाला ने खबर दी है संसद में सीमित हिमाचल विधानसभा में चलेगा पूरा प्रश्नकाल

आपका फैसला के शब्द हैं विधानसभा में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आ पाएंगे मंत्री व विधायक हिमाचल पुलिस के मॉडल से चीन से निपटेगा भारत शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है ड्रैगन को घेरने की रणनीति के लिए डीजीपी संजय कुंडू को मिला प्रशस्ति पत्र दूसरे राज्यों को सीख लेने के निर्देश अमर उजाला की एक खबर है कैबिनेट आज मंदिर खोलने पर हो सकता है फैसला

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं शहरी क्षेत्रों में बीपीएल के लिए एक लाख हो सकती है आय सीमा मौसम पर पंजाब केसरी का शीर्षक है रोहतांग दर्रे सहित हिमाचल की ऊंची चोटियों में हिमपात